अब बिल को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा में विधेयक पारित करवाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को बल मिला है

सूत्रों ने बताया है कि पहली फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जायेगा संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल नाहन निर्वाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा की और पुलों व सड़कों का निरिक्षण किया

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विकास कार्यों को इस वर्ष पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मौसम पश्चिमी विक्षोम सकिय होने से प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेगा

हालांकि बीते दो दिन धूप खिलने के बाद ठंड से थोड़ी राहत महसूस की गई लेकिन जनजातीय इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद से ही लोगों को दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने आार्थिक आधार पर पारित हुए आरक्षण बिल संबंधी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है ऐतिहासिक दिन नए आरक्षण युग का सूत्रपात पंजाब केसरी के शब्द हैं राज्यसभा में बिल पास स्वर्णो को मिलेगा आरक्षण दिव्य हिमाचल ने लिखा है राज्यसभा में भी आरक्षण पास गरीबों के आए अच्छे दिन शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य लोगों को दस फीसद आरक्षण पर संसद की मोहर दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश हुआ आरक्षण विधेयक

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से आपका फैसला लिखता है हरिपुर गुलेर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हरिपुर गुलेर विकास बोर्ड गठित करेगी हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल के फैसले को अमर उजाला ने सुर्खी दी है फौजी कोटे से पदोन्नत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की होगी डिमोशन

इसी पत्र के अनुसार धर्मशाला में अवैध निर्माणों पर हाईकोर्ट सख्त प्लॉट आवंटन मामला किशन कपूर के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज दैनिक जागरण की खबर है पंजाब केसरी ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है किशन कपूर के खिलाफ निचली अदालत में अपील करे प्राथी चंबा और शिमला में हई आगजनी की घटना भी सभी अखबारों में प्रकाशित है

इसी पत्र के अनुसार नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एम्स की कक्षाएं इसी सत्र से